नये मोबाइल फोन कनेक्शन के लिए आधार की अनिवार्यता समाप्त किसानों की आय दुगनी करने गठित राज्यपालों की समिति ने राष्ट्रपति को सौंपी सिफारिशें ग्ना में आयकर विभाग की कार्यवाही में छह करोड़ की राशि कराई सरेण्डर वहीं देवास में वाहन से मिली पांच लाख से अधिक की राशि सीईओ समीक्षा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बी एल कान्ताराव ने दतिया में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सर्मीक्षा की उन्होंने जिला अधिकारियों से वन टू वन चर्चा करते हुए निष्पक्ष मतदान कराने के निर्देश दिये बैठक में उप चुनाव आयुक्त चन्द्रभूषण कमार मौजूद रहे उधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं मतदाताओं को जागरुक करने के अभियान चलाये जा रहे हैं हमारे अनूपपुर संवाददाता ने बताया कि जिले की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में मतदान करने के संदेश दिये जा रहे हैं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुग्रह पी ने ग्राम जरियारी और चोलना में मतदानकेन्द्रों का निरीक्षण करते हुए केन्द्रों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के निर्देश दिये उधर जबलपुर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव में शतप्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है इस सिलसिले में नुक्कड़ नाटक और रैलियां निकालकर मतदान का महत्व बताया जा रहा है

दूरसंचार कंपनी केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश के अनुपालन के लिए दूरसंचार कंपनियों को कल मोबाइल फोन के मौजूदा और नए कनेक्शन पाने वाले उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के लिए आधार का इस्तेमाल बेंद करने का आदेश दिया है उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने एक ऐतिहासिक फैसले में कानूनी प्रावधानों के न होने से निजी कंपनियों द्वारा आधार के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया था दूरसंचार विभाग ने कल टेलीकॉम कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक के वाई सी के लिए आधार का इस्तेमाल बंद करने का विस्तृत निर्देश जारी किया और पांच नवम्बर तक इसके अनुपालन के बारे में बताने को कहा दूरसंचार विभाग ने नए कनेक्शन के लिए ग्राहक अगर स्वेच्छा से देना चाहे तो व्यक्तिगत तौर पर उसका आधार कार्ड लेने की अनुमति दे दी है कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश सरकार से आठवां सवाल किया है उन्होंने सवाल किया है कि शहरी विकास के नाम पर प्रदेश को कम बजट क्यों मिला है कमलनाथ ने कहा है कि शहरों के विकास की बातें तो खूब की गई हैं लेकिन धरातल में कुछ नजर नहीं आ रहा

बसपा के प्रदेश प्रभारी रामअचल राजभर और प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने संयुक्त रूप से सूची जारी की है शिकायत रतलाम जिले के रुगनाथगढ़ गांव के एक सरकारी स्कूल में आचार संहिता का उल्लंघन किये जाने की शिकायत अधिवक्ता परिषद ने निर्वाचन आयोग से की है परिषद के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश राव कुमार ने बताया कि एक सरकारी स्कूल में मौजूद महाराणा प्रताप का चित्र मिटाने का प्रयास किया गया स्वीप अभियान टीकमगढ़ जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं यहां पांच विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं

चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है

इसके अलावा दिव्यांगों के लिए सुगम मतदान की व्यवस्थायें की जा रही हैं

इस समिति का गठन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था

समिति ने बड़ी जोत वाले क्षेत्रों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम को पांच से घटाकर ढ़ाई फीसदी करने का सुझाव दिया है एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव के तहत मनरेगा को कृषि कार्यो से जोड़ने की सिफारिश की गई है क्योंकि इस योजना के चलते खेती के कामों में मजदूरों की उपलब्धता पर नकारात्मक असर पड़ रहा था कमेटी ने महिलाओं को खेती से जुड़े कार्यों में प्रोत्साहित करने की सिफारिश की है किसानों की समस्या को दूर करने के लिए जनपद स्तर पर कृषि शिकायत निवारण सेल के गठन का भी सुझाव दिया गया है जांच राशि जब्त विधानसभा चुनाव को लेकर देवास जिले में गठित उड़न दस्ते ने डबल चौकी में जाँच के दौरान एक कार से पांच लाख बीस हजार रुपये जब्त किये है वहीं कल रात रसूलपुर चौराहे पर वाहन चैकिंग के दौरान दो वाहनो से दो लाख चौहत्तर हजार रुपये जब्त किये गये उधर ग्ना में आयकर विभाग की टीम ने दो ज्वैलर्स की दुकानों पर कार्यवाही करते हुए करीब छह करोड़ से ज्यादा आय की राशि सरेण्डर कराई है मीडिया सेंटर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि लोगों तक भारतीय जनता पार्टी के विचार पहुंचाने के लिए नए मीडिया सेंटर की शुरुआत की गई है जहां लगातार संवाद होते रहेंगे जो आवश्यक जानकारी और संवाद है उसे यहां पूरा करने का प्रयास किया जाएगा मुख्यमंत्री ने आज भोपाल में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के हाईटेक मीडिया सेंटर का शुभारंभ करते हुये कहा कि मीडिया की भूमिका प्रदेश के विकास के लिए जनता तक पहुंचाने के मामले में बहुत जरूरी है भाजपा का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि मीडिया के साथ बेहतर संवाद रहे इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह मौजूद थे भूपेन्द्र आरोप प्रदेश के गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र खुरई में कांग्रेस के नेता आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं कल खुरई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय झठे केस बनाकर लोगों को बंद कर दिया जाता था लेकिन उनके गृहमंत्री रहने के दौरान किसी निर्दोष व्यक्ति को पुलिस द्वारा परेशान नहीं किया है डेंगू शिवपुरी जिले में डेंगू के बचाव को लेकर संयुक्त अभियान तेज कर दिया गया है

ये टीमें घर घर जाकर लोगों को डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए जागरुक भी कर रही है जिले में अभी तक अड़तीस हजार घरों में लार्वा सर्वेक्षण का काम किया गया है जिले में अब तक चार सौ से ज्यादा डेंगू प्रभावित चिन्हित किये गये हैं

इस दिन सुहागिने अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं